विभिन्न जिर्लो से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि कहीं पर मतदान धीमी गति से तो कहीं पर सामान्य रूप से चल रहा है कई जगह नव मतदाताओं ने पहली बार अपने मत का उपयोग किया ब्रंदी नगर परिषद सहित सहित जिले की पांच नगर पालिकाओं में मतदान केन्द्रों पर लम्बी कतारें देखी गई प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़ जिलों में मतदाता उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं कोविड दिशा निर्देशों की पालना करवाई जा रही है

प्रदेश में आज भी कोविड वैक्सीनेशन का काम जारी है

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक एक करोड़ तीन लाख से अधिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति ठीक हो चुके हैं

वहीं च्रू जिले में एक भी सकिय मामला नहीं बचा है

देश के राफाल लडाकू विमानों के बेड़े में तीन और विमान शामिल हो गए हैं ये विमान फ्रांस से उड़ान भरने के बाद कल रात भारत पहंचे नए जेट विमानों के शामिल होने से भारतीय वायु सेना की शक्ति और बढ़ जाएगी

राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर नमन कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लाला लाजपत राय को उनकी जयंती पर नमन किया है

अदालत ने आरक्षण के नियमों का उल्लंघन होना बताते हुए सरकार को अभी नियुक्ति नहीं करने को कहा है

जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कल जयपूर में आयोजित राज्य जल और स्वच्छता मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस सम्बंध में निर्देश दिए प्रदेश में शीतलहर के कारण तेज सर्दी का असर जारी है मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में आज भी न्यूनतम तापमान माइनस तीन डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया